इसके अलावा पार्टी द्वारा कल सभी जिला मुख्यालयो पर भी प्रदर्शन किया जाएगा उधर भाजपा ने सीएए को लेकर कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है

भोपाल में प्रदेश प्रवक्ताओं व मीडिया से जुड़े प्रभारियों की कार्यशाला में इस अभियान पर चर्चा की गई

इसका उद्देश्य उपभोक्ता को उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना है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 इस मौके पर खादय नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रदेष के सभी जिलों में आयोजन किये जा रहे हैं ग्वालियर में आयोजित किये गये राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्यम्न सिंह तोमर शामिल हुये यहां एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है बड़वानी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर के शासकीय हाईस्कूल में एक प्रदर्षनी लगाई गई है

इस अवसर पर टीकमगढ़ और आगरमालवा में भी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है छापामार इंदौर नगर निगम में पदस्थ एक बेलदार के तीन से ज्यादा ठिकानों पर आज लोकायुक्त पुलिस ने छापेमार कार्रवाई कर संपत्ति से जुड़े विभिन्न दस्तावेज जब्त किए है उप पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त प्रवीण सिंह बघेल ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत पर रियाजुल हक अंसारी के ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है

बेटी जन्मोत्सव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत टीकमगढ़ जिले में षिष् लिंगानुपात सुधारने के लिए अगले महीने से नन्ही परी कार्यक्रम चलाया जायेगा कलेक्टर हर्षिका सिंह ने बताया है कि बालिका जन्मोत्सव को हर्ष और उल्लास का विषय बनाने एवं सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए यह पहल की जा रही है

तो आईये आज जानते हैं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फैली एक और भ्रान्ति और उसकी असलियत के बारे में नागरिकता संशोधन कानून का यह अर्थ कतई नहीं है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर कानूनी रूप से भारत आए मुस्लिम अप्रवासियों को वापस भेजा जाएगा बल्कि असलियत यह है कि नागरिकता कानून का किसी भी विदेशी को भारत से बाहर भेजने से कोई लेना देना नहीं है

मौसम हवाओं का रूख बदलने से राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों में सर्दी में क्छ कमी आई है हालांकि दो दिन बाद फिर से तेज ठंड का एक और दौर शुरू होने की संभावना जताई गई है